झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है राज्य में कल बाइस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए इसमें से बीस संक्रमित मरीज गढ़वा जिले और दो कोडरमा के रहने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन कलकर्णी ने इसकी पुष्टि कर दी है

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की क्ल संख्या एक सौ चौवन हो चुकी है इसके तहत रांची में तिरान्बे गढ़वा में तेईस बोकारो में दस हजारीबांग में तीन धनबाद में दो गिरिडीह में दो कोडरमा में दो सिमडेगा में दो देवघर में चार पलामू में आठ जामताड़ा में दो दुमका में दो और गोड्डा में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है इन संक्रमितों में तीन की मौत हो चुकी है जबकि बावन मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं इधर गढ़वा जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के बीस नए मामले आने के बाद प्रषासनिक संक्रियता बढ़ गई है कल रात में ही सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के साथ लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एनके रजक ने बताया कि जिन मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है वे सभी पांच मई को छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों से लौटे थे इससे पहले कल ही यहां मिले तीन संक्रमित मरीजों की तीसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से छट्टी दे दी गई थी कोडरमा जिले में मिले संक्रमितों में एक व्यक्ति डोमचांच और दूसरा संक्रमित व्यक्ति तिलैया का रहने वाला है दोनों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है वे आइसोलेशन वार्ड में इलाजरत है इससे पहले दस अप्रैल को यहां कोरोना संक्रमित मरीज मिला था जिसे स्वस्थ होने के बाद पांच मई को अस्पताल से छट्टी दे दी गई थी राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हए सभी चिकित्सकों और स्वास्थय कर्मियों की छट्टी तीस जून तक के लिए रद्द कर दी है स्वास्थय विभाग द्वारा जारी यह आदेश राज्य सरकार के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अधीक्षकों जुनियर रेजिडेंट सभी पारा स्वास्थ्यकर्मी के साथ एनएचआरएम में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों पर लागू होगा केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग अस्सी करोड लोगों को मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराने की एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों में जरूरत के अनुसार वितरण के लिए अनाज उपलब्ध रहें श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग चौहतर लाख टन अनाज है उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत इकतालीस करोड़ पैंतीस लाख लाभार्थियों को अप्रैल महीने के लिए इक्कीस राज्य नब्बे प्रतिशत से अधिक का वितरण कर चुके हैं अनाज के अलावा सरकार लगभग उन्नीस करोड़ पचास लाख परिवारों को तीन महीने के लिए एक किलो दाल भी मुफ्त दे रही है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी से जुड़े मामलों का आकलन करने के उपरांत सत्रह मई के बाद लॉकडाउन हटाने या उसमें किसी तरह की रियायत देने का फैसला किया जाएगा अभी सरकार की कोशिश प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी पर है उन्होंने मजदूरों से कहा कि वे धैर्य रखें जिस राज्य में हैं वहीं रुकें पैदल चलने से बचें सभी को उनके घर वापस लाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयत्नशील है मुख्यमंत्री ने गृजरात से चाईबासा पैदल लौट रहे मजदूरों की सुरक्षित वापसी और मदद पहुंचाने के सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया राज्य के श्रम मंत्री सत्यानन्द भोक्ता ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है

जबकि वहां से नौ लोगों को वापस लाया जाएगा इस संबंध में प्रषासनिक आदेष और पास जारी कर दिया गया है दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को अब कोडरमा स्टेषन पर भी उतारा जाएगा इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त और एसपी ने स्टेषन में की गई तैयारियों का जायजा लिया

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की कल हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि विभिन्न जिलों से संग्रहित किए गए पान मसालों की जांच में प्रतिबंधित मैग्नेशियम कैलशियम पाए जाने की बात सामने आई ऐसे में जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्यारह ब्रांडों के पान मसालों को प्रतिबंधित किया गया है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं बोर्ड के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं एक जुलाई से पन्द्रह जुलाई तक ली जाएगी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी उन्होंने बताया कि बारहवीं बोर्ड में सिर्फ उनतीस विषयों की परीक्षाएं होंगी जबकि बचे विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे

इस वजह से दसवीं और बारहवीं बोर्ड की चल रही परीक्षाएं बीच में स्थगित कर दी गई थी गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग साढ़े पांच लाख लाभुकों के खाते में सहायता राषि मेजी गई है लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा की गई यह मदद से लाभुकों को काफी राहत मिल रही है इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है

जिले के उपायुक्त वरूण रंजन ने इसका उद्घाटन किया इसमें एक रोबोट का धनवन्त्री तथा सेनेटाइज करने वाले रोबोट का नाम सावित्री रखा गया है उन्होंने बताया कि मरीजों की देखभाल के साथ मेडिकल कर्मियों को भी संक्रमण से सुरक्षित रखने में ये दोनों रोबोट काफी मददगार साबित होंगे उपायुक्त ने बताया कि इन रोबोटों में टैब लगा हुआ है जो रिमोट से संचालित होते हैं इसमें कैमरा भी लगा है इन रोबोट्स को दो सौ मीटर की दूरी से संचालित किया जा सकता है कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को दस दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी बर्शतें उन्हें तीन दिन से बुखार नहीं हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल से छट्टी करने की नीति में यह बदलाव किया है इसके तहत मरीजों को छुट्टी देने के पहले उसकी जांच भी नहीं की जाएगी लेकिन उन्हें सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना होगा वहीं गंभीर मरीजों का इलाज पहले की तरह अस्पतालों में किया जाएगा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

इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सीमा सड़क संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और सीमा क्षेत्रों को जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका भी निभा रहा है

जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी बांके बिहारी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है उनपर धनबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर रहते विद्यालयों में चापानल लगाने के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग गबन और सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है इधर संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार सौंपा गया है

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है सीसीएल के राजधानी रांची के गांधीनगर रिथत जन आरोग्य केंद्र में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है जरुरतमंद व्यक्ति यहां अपना इलाज करा सकते हैं वहीं गांधीनगर अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है